सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

कोरोना कर्फय् प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ शहरों में कर्फ़यू की अवधि बढ़ा दी गई है

दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकमण की दर कम हो रही है

सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण दर को कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए इसके लिए जरूरी प्रयासों को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए वे सभी जिलों के कोविड नियंत्रण के प्रभारी मंत्री और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा कि होम आयसोलेशन और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से नियमित समीक्षा करें उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का वैज्ञानिक तरीके से उचित उपयोग की व्यवस्थाओं के लिए ऑक्सीजन ऑडिट संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी करायें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्वारेंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए सेंटर पर प्रभावी रूप से बुनियादी इंतजाम किए जायें सरकार द्वारा व्यय भार का वहन किया जाएगा उन्होंने कहा कि संक्रमण नियंत्रण के अल्पकालिक प्रयास संक्रमण की दर में कमी लाएंगे इसका स्थायी समाधान वैक्सीनेशन ही है ऑक्सीजन प्लांट कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन की भारी कमी से निपटने के लिये सरकार ने देश के सभी जिला अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है

साथ ही इन्हें जल्द चालू करने के निर्देश भी दिये हैं

जिससे अस्पताल ऑक्सीजन के मामले में अब आत्मनिर्भर हो जायेगे

जन आंदोलन गुना से साहित्यकार डॉ सतीश चतुर्वेदी ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है

ये कोरोना वॉलेंटियर्स राज्य सरकार के सहयोगी बन कर कोरोना के प्रति जन जागरूकता का प्रभावी कार्य कर रहे है पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रों के कोरोना वॉलेंटियर्स से संवाद किया और उनके कार्य को महत्वपूर्ण बताया

ये वालेंटियर जन अभियान परिषद के नेतत्व और कलेक्टर के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन मास्क जागरूकता चिकित्सा सुविधा और होम आइसोलेशन जैसे कार्यों में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं क्रिकेट आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स ने कल रात आईपीएल क्रिकेट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर हरा दिया